इनमें से चार हजार स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र इस साल खोले जाएंगे आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कल नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में यूनानी चिकित्सा केन्द्र और सिद्ध नैदानिक अनुसंधान इकाई के उदघाटन के बाद यह जानकारी दी श्री नाइक ने आशा व्यक्त की कि यूनानी चिकित्सा केन्द्रों और सिद्ध अनुसंधान इकाईयों में देश भर से आने वाले मरीजों की यूनानी और सिद्ध प्रणालियों के जरिए देखभाल प्रदान की जाएगी श्री नाइक ने कहा कि सरकार आयुष चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने में विशेष रुचि ले रही है उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुष्मान भारत के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलेगा

इस सम्मेलन में विश्वभर से नौ हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया मरूस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के समापन पर केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वास व्यक्त किया कि रियो द जेनेरो में सम्पन्न हुए पहले के तीन सम्मेलनों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वय से काम किया जायेगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि सिर्फ कानून बनाने से मानव अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती लोगों की सोच में मानव अधिकारों की रक्षा का भाव होना जरूरी है उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल मानव का अधिकार है भविष्य में पानी को लेकर जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं उससे निपटने के लिये राज्य सरकार ने ष्जल का अधिकारष् कानून बनाने के साथ ही नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है

उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना होगी जल एक मात्र ऐसी जरूरत है जो विश्व के हर व्यक्ति और प्राणी को प्रभावित करती है प्रदेश मानव आधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने मुख्यमंत्री कमल नाथ के ष्जल का अधिकार मानव अधिकारष्ट कानून बनाने के निर्णय की सराहना की

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किसानों से आग्रह किया है कि वे समय सीमा में पंजीयन जरूर करायें उन्होंने एक बयान में बताया कि यह पंजीयन एमपी किसान ऐप ई उपार्जन मोबाइल ऐप और ई उपार्जन कोन्द्रों पर कराया जा सकता है खरीफ फसलों में धानज्वार और बाजरा के लिए पंजीयन किया जा रहा है

प्रधानमंत्री लोगों से मिले सुझावों में से कुछ सुझावों का चयन कर कार्यक्रम में उसका उल्लेख करते हैं

यह आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन और न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध रहेगा हिंदी में तुरन्त प्रसारित होने के बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा जिसे शाम आठ बजे दोबारा सुना जा सकता है

दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है

जबकि छह लोगों को बचा लिया गया है

जिले के प्रभारी मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने यह जानकारी दी

पुलिस समिट पुलिस अकादमी भौंरी में आयोजित सायबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन और इंटेलीजेंस समिट के दूसरे दिन कल विशेषज्ञों ने डिजिटल साक्ष्य कैसे जुटाएँ और इनकी पहचान कैसे करें वेब पर लोगों की जांच कैसे की जाए इन सब की जानकारी दी इस समिट का आयोजन मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सॉफ्ट क्लिक फाउंडेशन यूनीसेफ और क्लीयर ट्रेल कम्यूनिकेशन एनालिटिक्स के सहयोग से किया जा रहा है समिट में देश और दुनिया के विख्यात सायबर क्राइम और इंटेलीजेंस विशेषज्ञो द्वारा सायबर क्राइम रोकथाम के गुर सिखाए जा रहे हैं यह समिट विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सायबर अपराध रोकने और पुलिस अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है तीन दिवसीय समिट के दूसरे दिन डिलाईट इंडिया के निदेशक और सीएसओ सेबेस्टियन ऐडेसरी ने डिजिटल साक्ष्यों की पहचान और संग्रहण पर प्रकाश डाला तीन दिवसीय इस समिट का आज अंतिम दिन है चित्र प्रदर्शनी प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि युवाओं के लिए चित्रकला एक ऐसी विधा है जो निरर्थक विषयों और विकारों से बचाती है उन्होंने कल स्वराज भवन कला विथिका में रिद्वी सिद्वी संस्था की तीन दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के दौरान यह विचार व्यक्त किए डॉ साधौ ने कहा कि युवाओं के लिए चित्रकला एक ऐसी विधा है जो निरर्थक विषयों और विकारों से बचाती है कला संस्थाएँ नवोदित और उभरते चित्रकारों को कला प्रदर्शन का महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध करवा रही हैं

सरकार ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिन्दी का उपयोग हो रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिशा में पहल की थी संयुक्तराष्ट्र महासभा में हिन्दी में उनके भाषण को आज भी याद किया जाता है

हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में बारिश से हुए फसलों के नुकसान के आकलन के निर्देश दिये गये हैं

खंडवा में इसके लिए दस खंडपीठ गठित की गई है वहीं रायसेन और गुना में भी इसके लिए पूरी तैयारियां की गई है